श्री शाह ने कहा कि इंटरनैट सेवाए बहाल करने का फैसला उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर के अधिकारियों की सलाह से और क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा

उन्होंने कहा कि भ्रमण के लिए विदेशी सैलानी भी कश्मीर आ रहे हैं वहीं राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार करने की योजना के संबंध में उन्होंने बताया कि इस दौरान धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा कमलनाथ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडीकल साइंसेस से संबद्ध अस्पताल सुपर स्पेशिलिटी और कार्डियक सेण्टर का भूमिपूजन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह अस्पताल बन जाने के बाद प्रदेश आधुनिक चिकित्सा का प्रेमुख केन्द्र बन जायेगा जहां पर अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों से इलाज की व्यवस्था रहेगी उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की विकास यात्रा निरंतर चलती रहेगी इससे पहले मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा सहित आसपास के जिलों के मरीज इलाज के लिए दूसरे राज्यों में जाया करते थे लेकिन यह अस्पताल बनने के बाद उन्हें छिंदवाड़ा में ही आधुनिक चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हो जायेंगी श्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया सीएम किसान सहायता मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश में अतिवृष्टि से हुए नुकसान पर कहा कि राज्य में उपलब्ध संसाधनों की सहायता से ही बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों की मदद की जायेगी उन्होंने आज छिंदवाड़ा में कहा कि प्रदेश में अतिवृष्टि से हुए नुकसान को लेकर केंद्र सरकार ने आज तक सहायता राशि नही दी है प्रभावितों की जो भी सहायता करनी है वह प्रदेश के संसाधनो से ही की जाएगी किसानों की कर्जमाफी को लेकर श्री नाथ ने कहा कि दो लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ किये जा रहे हैं इसके दूसरे चरण की प्रक्रिया अगले महीने शुरू हो जायेगी कांग्रेस चुनावी बांड कांग्रेस ने आज मांग की है कि चुनावी बांड के बारे में संसद को जानकारी उपलब्ध कराई जाए नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी नेता आनंद शर्मा ने कहा कि चुनावी बांड के जरिये विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले धन के बारे में जानकारी सार्वजनिक की जाए उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने भारतीय रिजर्व बैंक और निर्वाचन आयोग दोनों के समक्ष चुनावी बांड योजना पर आपत्ति जताई थी लेकिन सरकार ने उनके सुझावों की अनदेखी की है

उन्हॉने बताया कि मुख्य न्यायाधीशों से दस साल से ज्यादा पुराने मामले तत्काल निपटाने के लिए आग्रह किया गया है विचाराधोन मामलों के बारे में श्री प्रसाद ने कहा कि जो आरोपी निर्धारित सजा की आधी से ज्यादा अवधि पूरी कर चुके हैं उन्हें रिहा कर दिया जाना चाहिए

विभाग ने कलेक्टर से ऐसे बंद्क धारियों के लायसेंस रद्द करने की अपील की है जिन्होंने कई नोटिसों के बाद भी बिजली के बिल जमा नहीं किए इन बकायादारों के बिजली बिल का करीब एक सौ चार करोड़ रुपया बकाया है जिले के एक सौ बारह शस्त्र लायसेंसधारियों की पहली सूची कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रियंका दास को भेजी गई है जल्द ही दूसरी सूची भी कलेक्टर को सौंपी जाएगी

पीएम आवास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है योजना के तीन वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि सभी को आवास उपलब्ध कराने की योजना से करोड़ों लोगों का सशक्तिकरण हुआ है

महोत्सव का उद्घाटन सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया उन्होंने कहा कि भारत ने फिल्मों के जरिए विश्व में अपनी पहचान बनाई है इस अवसर पर जाने माने अभिनेता रंजनीकांत को स्वर्ण जयंती वर्ष के विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया समारोह में केन्द्रीय मंत्री बाबूल सुप्रियो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सूचना और प्रसारण सचिव अभित खरे तथा फिल्म अभिनेता अभिताभ बच्चन मौजूद थे इस अवसर पर फ्रांस की जानी मानी अभिनेत्री ईसाबेल हुपर्ट को लाइफटाइम एचीवमेंट प्रस्कार दिया गया पहली बार महोत्सव में दृष्टिबाधित लोगों के लिए फिल्मों को उनके दृश्यों के विवरण के साथ सुनाया जाएगा

सुरक्षा व्यवस्था में करीब चार हजार अधिकारी और कर्मचारी तैनात हैं जिनमें जिला पुलिस बल एसएएफ एसटीएफ शामिल हैं पिछले सात दशकों से चले आ रहे तब्लीगी इज्तिमा में देश विदेश की मुस्लिम जमातें हिस्सा लेती हैं और इस दौरान इस्लामिक विद्वान विभिन्न विषयों पर अपनी तकरीरें पेश करते हैं इस बार भी चौदह लाख से ज्यादा लोगों के इस आयोजन में शामिल होनें की संभावना है

इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों को महात्मा गांधी के सिद्धांतों को पढ़ने समझने और नये यूग की चुनौतियों के नवीन समाधान दूंढने में इन सिद्धान्तों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना था

मौसम उत्तर भारत से आने वाली सर्द हवाओं और जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी की वजह से प्रदेश में सर्दी बढ़ने लगी हैं

हालांकि अधिकतम तापमान के अभी ज्यादा गिरने की संभावना नही है

गंगा आरती की तर्ज पर ओरछा में बेतवा नदी की आरती शुरु कर दी गई है

नीमच में आज समेकित बाल संरक्षण योजना पर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन हुआ

खण्डवा में भैरव अष्टमी के अवसर पर शोभायात्रा निकाली गई